प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

बाढ़ के कारण सड़कों कच्चे घरों और फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान

जलस्तर में कमी के बावजूद कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर

तीस हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है बारह जिलों के एक सौ एक प्रखंडों में तीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं सबसे अधिक दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज पश्चिमी चंपारण सारण समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिले प्रभावित हैं बाढ़ के कारण जिले में सड़क और पुल पुलियों को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है एक सौ बीस से अधिक छोटे बड़े सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं कई स्थानों पर सड़क के तीन फूट ऊपर तक बाढ़ का पानी आ गया है वहीं रेल ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही लगातार छठे दिन भी ठप्प है दरभंगा जिले में बाढ़ की रिथति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है अठारह प्रखंडों में से चौदह बाढ़ की चपेट में आ गये हैं साढ़े बारह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है

पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नदी के सुरक्षा बांधों के टूटने से तिरहुत और सारण प्रमंडल के छह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं कई जगहों पर रिंग बांध और जमींदारी बांध भी टूट गये हैं जिससे हजारों की संख्या में कच्चे घर ध्वस्त हो गये हैं बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़े पैमाने पर खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है गंडक पंडई मसान सिकरहना और हरबोरा नदियों में आयी बाढ़ के कारण धान की फसल खराब हो गयी है मक्के की फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है जिले के नौ प्रखंडों में डेढ़ लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर कोसी नदी में बाढ़ के कारण सुपौल सहरसा और खगड़िया जिले प्रभावित हुए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि बूढ़ी गंडक बागमती लखनदेई और मानुषमारा नदियों के प्रकोप से मुजफ्फरपुर के तेरह प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं

राज्य में छब्बीस राहत शिविरों में लगभग तेईस हजार लोग शरण लिये हुए हैं वहीं आठ सौ आठ सामुदायिक रसोई घरों में अब तक चार लाख बीस हजार से अधिक लोगों के लिये खाने की व्यवस्था की गयी है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पौने तीन लाख लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बाढ़ के कारण मछली पालकों को हुए नुकसान की क्षतिप्रर्ति दी जायेगी उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जायेगा इसके बाद मछली पालकों को मदद दी जायेगी प्रदेश में बूढ़ी गंडक बागमती कमला बलान और महानंदा नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक का जलस्तर मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में तेजी से बढ़ रहा है मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं समस्तीपुर में नदी का जलस्तर लाल निशान से करीब दो मीटर ऊपर बना हुआ है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी और बेनीबाद में स्थिर है जबकि सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बना हुआ है कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान से डेढ़ मीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में भी पूर्णिया और कटिहार में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गयी है कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में लाल निशान के करीब बह रही है इधर आयोग की बुलेटिन में कहा गया है कि गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में कमी हुई है सोन नदी और पुनपुन नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है वहीं गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में स्थिर बना हुआ है जबकि गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट में लाल निशान के आसपास है मौसम विभाग ने आज कल और परसों उत्तर बिहार और नेपाल के तराई से सटे जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश और वजपात की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रौशन कुमार ने बताया कि राज्य में मॉनसूनी बारिश की स्थितियां अभी अनुकूल हैं

सिवान जिले के सिसवन तथा बांका जिले के कटोरिया में एक सौ दस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है सीतामढी जिले के सुरसंड तथा बेलसंड में अस्सी मिलीमीटर वर्षा हुई है वही दरभंगा के हायाघाट और मधुबनी जिले के मधवापुर में सत्तर मिलीमीटर बारिश हुई है राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगभग छियालीस हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न जिलों से दो हजार तीन सौ अठाईस नये मामलों की पुष्टि की है इसके साथ ही कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर पैंतालीस हजार नौ सौ उन्नीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अपडेट के अनुसार सबसे अधिक तीन सौ सैंतीस नये पॉजिटिव मामले पटना जिले में आये हैं इसके साथ ही भोजपुर में एक सौ इकसठ रोहतास में एक सौ चौबीस सारण में एक सौ बीस और नालंदा में एक सौ सोलह मामलों की पुष्टि हुई है वहीं पश्चिम चंपारण में संतानवे गया में बहत्तर कटिहार में पैंसठ जबकि बक्सर में उनसठ नये मामले सामने आये हैं राज्य में इस महामारी से अब तक दो सौ तिहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है वहीं तीस हजार पांच सौ चार लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुल संक्रमितों में से छियासठ प्रतिशत स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले में पटना जिला शीर्ष पर बना हुआ है जिले में अब तक लगभग आठ हजार मामलों की पुष्टि हुई है

जिले में इकतालीस लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला है जहां दो हजार तीन सौ बानवे लोग कोविड उन्नीस से संक्रमित हुए हैं शेखपुरा जिले के जखराज स्थान स्थित एक सार्वजनिक भवन में कोविड उन्नीस संक्रमितों के लिये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महाराज ने इस केन्द्र का निरीक्षण किया मुंगेर जिला मुख्यालय और जिले के तारापुर अनुमंडल मुख्यालय में आज से पचास पचास बेड वाले दो कोविड सेंटर ने कार्य करना शुरू कर दिया है जिलाधिकारी राजेश मीणा ने इन केन्द्रों का उद्घाटन किया इधर देश भर में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के अड़तालीस हजार पांच सौ तेरह नये मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर पंद्रह लाख इकतीस हजार छह सौ उनहत्तर हो गई है देश में अब तक कोविड उन्नीस से चौंतीस हजार एक सौ तिरानवे लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्र सरकार ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक थ्री के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इसके तहत इकतीस अगस्त तक स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनलॉक थ्री में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे वहीं जिम और योग प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गयी है रात्रि कर्फ्यू को भी इस अवधि में समाप्त करने का निर्णय किया गया है बिहार सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में मीडिया में आयी खबरों का खंडन किया है सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चल रही खबर को विभाग ने फेक न्यूज करार दिया है गौरतलब है कि इकतीस जुलाई को राज्य में सोलह दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण के तहत बिहार के लिये लगभग बाईस लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष नवम्बर के अंत तक बढ़ा दिया है इसके तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम चावल या गेहूं हर महीने दिया जा रहा है इस योजना के पहले चरण में आठ करोड़ इकहत्तर लाख लाभार्थियों के लिये लगभग तेरह लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है राज्य सरकार ने इसका उठाव कर लिया है निर्वाचन आयोग ने चूनाव संबंधी कार्यों में लगे मतदान कर्मियों और सूरक्षा कर्मियों की ड्यूटी के दौरान कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम आश्रित को तीस लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि देने का निर्णय किया है सभी राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है

साउंड बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस के प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो हैं उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में वेहतर है इस वायरस को डटकर मुकाबला देने में केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इसमें दो हजार पैंतीस तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को बढ़ाने का लक्ष्य है इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं को अधिक अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता भी देने का उल्लेख किया गया है नई शिक्षा नीति की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम तैयार करने और वर्चुअल प्रयोगशालाओं की स्थापना पर जोर दिया गया है इस शिक्षा नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातुभाषा रहेगी इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जायेगा अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जायेगा गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप दे दिया था लेकिन इस पर मंत्रिमंडल की मुहर नहीं लगी थी और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

बाढ़ के कारण सड़कों कच्चे घरों और फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान

जलस्तर में कमी के बावजूद कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर

तीस हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए